उघर कल ग्रीन जोन बूंदी जिले में भी एक मामला सामने आया है

राज्यों के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव स्वास्थ्य इसमें हिस्सा लेंगे

इससे इन कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को बड़ा संबल मिलेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आयु सीमा देरी से आवेदन करने प्रशासनिक विभाग में पद खाली नहीं होने पर अन्य विभाग में नियुक्ति चाहने सहित अन्य कारणों से लंबित प्रकरणों में मानवीय आधार पर निर्णय लेते हुए आवेदकों के लिए नियुक्ति की राह आसान की है

सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत सभी कार्ड धारक लाभार्थियों को एक किलोग्राम प्रति माह की दर से तीन महीने के लिए मुफ्त दालें एक लाख सत्तर हजार लोगों के बीच वितरित की जाएगी

कल प्रदेश के बाडमेर जोधप्र नागौर बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ सीकर जिलों में टिड्डियों के बच्चों के झुन्ड सक्रिय दिखे इस समय प्रभावित राज्यों में जिला प्रशासन और कृषि निगरानी इकाइयों ने दो सौ क्षेत्रीय टिड्डी निरोधक कार्यालय खोले हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विनायक दामोदर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि साहसी वीर सावरकर को मैं नमन करता हूँ उन्होंने कहा कि हम उन्हें बहादुरी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित करने और समाज सुधार पर जोर देने के लिए याद करते हैं राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी वीर सावरकर को श्रद्वाजंलि दी है आज अंतर्राष्ट्रीय महावारी स्वच्छता दिवस है इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमे समी महिलाओं के स्वास्थ की रक्षा के लिए अपने संकल्प को मजबूत करना चाहिए वर्तमान संकट के द्वौरान महिलाए परिवारों की देखभाल करने के साथ ही कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है हमे महिलाओं को सर्वोत्तम स्वास्थ सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखना चाहिए